इससे परिवारों पर दबाब कम होगा और उनके पारिवारिक सदस्य एवं पड़ोसी भी सुरक्षित रहेंगे दिशा निर्देशां के अन्सार संगरोध और एकांतवास की सुविधा अलग अलग होगी और ये स्विधा लेने वाले पर निर्भर करेगा कि उसने कौन सी स्विधा लेनी है दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इस स्विधा के लिए शुल्क अदा करना होगा शुल्क की दरे राज्य सरकार की सलाह के साथ तय की जायेगी

हमारे संवाददाता ने बताया कि स्वस्थ हए मरीज़ों में छ फरीदाबाद से तीन सोनीपत से और एक पानीपत से है

फरीदाबाद से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उनमें जो दो युवतियां कोरोना पोजिटिव पाई गई है उनमें एक गर्भवती है

इसलिए यह मामला सम्पर्क से संक्रमण का हो सकता है

आज विश्व रेडक्रास दिवस मनाया जा रहा है

अतिरिक्त उपायुकत मनिता मलिक दवारा रकतदान में भाग लेने वालों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित कया गया

आज अंतर्राष्ट्रीय थैलेसेनिया दिवस भी मनाया जा रहा है

इस मौके पर जिला उपाय्क्त थैलेसेनिया से ग्रस्त बच्चों की देखभाल में लगी संस्थाओं की प्रंशसा करते हये कहा कि प्रशासन हमेशा उनके सहयोग के लिए उपलब्ध है

एक सरकारी प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हये बताया कि प्रवासी श्रमिकों से कोई शुल्क नहीं वसूला जायेगा और सारा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी

इसके अलावा पांच हजार बसें पश्चिमी उत्तरप्रदेश राज्स्थान हिमाचल प्रदेश पंजाब और उत्तराखंड में भेजी जायेगी

उन्होंने बताया कि टीकाकरण अभियान में दुग्ध पशुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है मुंह खुर की बीमारी से पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और उनकी दूध उत्पादक क्षमता पर भी बड़ा असर पड़ता है उन्होंने कहा कि इन बीमारियों से बचाव के लिए केवल एक ही टीका लगाया जाता है हरियाण के सिरसा जिले में अब मेडिकल स्टोर दाये बाये के हिसाब से खुलेंगे उपायुक्त रमेश बिढ़ान ने बताया कि एक दिन बाज़ार के दाई और के मेडिकल स्टोर खोले जायेंगे जबकि दूसरे दिन बाई के मेडिकल स्टोर ख्लेंगे